योजना से प्रदेश के एक करोड़ पच्चीस लाख लोगों को मिलेगा रोजगार प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे और कोविड महामारी से बेहतर ढंग से निपटने के लिये की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और सीबीएसई को बाकी बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की दी अनुमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन महामारी के खिलाफ संघर्ष जारी है उन्होंने कहा कि चूंकि इसका कोई टीका उपलब्ध नहीं है इसलिए इस संक्रमण से बचने का उपाय केवल मास्क और दो गज की दूरी या सुरक्षित दूरी है इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है और ये दवाई है दो गज की दूरी ये दवाई है मुंह ढ़कना फेसकवर या गमर्छ का इस्तेमाल करना जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है टीका नहीं बनता है हम इसी दवाई से इस कोरोना को रोक पाएंगे प्रधानमंत्री ने कल एक अनूठी पहल आत्मनिर्मर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना का वीडियो कांफ्रेंस के जरिए शुभारंभ करते हुए कहा कि इस अमियान से उत्तर प्रदेश को बहुत फायदा होगा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना प्रदेश के उन विस्थापित श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन के बारे में है जो हाल में अन्य राज्यों से लौटे हैं इस अमियान के तहत राज्य में विभिन्न योजनाओं के जरिए लगभग एक करोड़ पच्चीस लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा प्रघानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान आज इसी शक्ति ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को प्रेरणा दी है यानी केन्द्र सरकार की योजना को योगी जी की सरकार ने गुणात्मय और संख्यात्मक दोनों ही तरीके से विस्तार दे दिया है यूपी सरकार ने न सिर्फ इसमें अनेक नई योजनाएं जोड़ी हैं तामार्थियों की संख्या बढ़ायी है बल्कि इसे आतानिर्मर भारत के लक्ष्य के साथ भी पूरी तरह जोड़ दिया है क्लब कर दिया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे से प्रभावी रूप से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार विशेषकर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर युद्ध स्तर पर कार्य कर प्रशंसनीय योगदान दिया यहां तक कि योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुए और राज्य के लोगों के लिए काम करते रहे एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार की कोशिशों का खासतौर पर जिक्र किया और उन्हें ऐतिहासिक बताया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने एक ताख से ज्यादा कोविड बिस्तरों का इंतजाम किया साठ हजार से ज्यादा स्वास्थ्य टीमें बनाई और जरूरतमंदों के लिए राशन और भोजन की व्यवस्था करने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए अनेक योजनाएं शुरू कीं

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने में जिस प्रकार सफलता हासिल की है वह अनुकरणीय है उन्होंने कहा कि यह सफलता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती जब हम इसकी तुलना यूरोप के उन चार बड़े देशों से करते हैं जिनकी जनसंख्या लगभग उत्तर प्रदेश की आबादी के बराबर है इन देशों में कोरोना से एक लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या केवल छह सौ है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल यानी रविवार को आकाशवाणी से सुबह ग्यारह बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह छाछठवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डाट न्यूज ऑन ए आई आर डाट कॉम और न्यूज ऑन ए आई आर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड नाइन्टीन से बचाव के लिये लोगों में जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है उन्होंने समी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये लगातार प्रयास किया जाना आवश्यक है श्री योगी कल लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था पर एक बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने निर्देश दिये कि कोविड और नान कोविड अस्पतालों के कार्यो की लगातार मानीटरिंग की जानी चाहिये मुख्यमंत्री ने रैपिड एनटीजेन टेस्टिंग को बढ़ाने की आवश्यकता बताई उन्होंने कहा कि बाजारों चौराहों और अन्य जगहों पर नियमित फूट पेट्रोलिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाये कि कहीं भीड़ इकट्ठी नहीं हो मुख्यमंत्री ने फिक्की के एक वेब कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड नाइन्टीन पर विजय पाने के लिये दो गज की दूरी और मास्क का उपयोग जरूरी है उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती है लोग सतर्क रहे और सावधानी बरते मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम में उद्योगों द्वारा पूरा सहयोग दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विभिन्न न्यायालयों बैंकों मेट्रो रेल हवाई अड्डों व्यापारिक संस्थानों और दूसरे औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के मद्देनजर खास सुरक्षा बल होना समय की मांग है और इसी उद्देश्श्य से उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन ँकिया जा रहा है जो कि ंप्रोफेशनल तरीके से काम करे और इन स्थानों की सुरक्षा करे इस फोर्स को खास ट्रेनिंग दी जायेगी और जरूरी साजो सामान मुहैया कराये जायेंगे इस फोर्स को ऐतिहासिक और धार्मिक तीर्थ स्थलों पर भी तैनात किया जा सकेगा पहले चरण में इस फोर्स की पांच बटालियन का गठन किया जायेगा जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक योजना जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिये हैं

इस फोर्स को ऐतिहासिक और धार्मिक तीर्थ स्थलों पर भी तैनात किया जा सकेगा पहले चरण में इस फोर्स की पांच बटालियन का गठन किया जायेगा जिसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक योजना जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिये हैं इससे पहले पिछले साल दिसंबर में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार से न्यायालय परिसर की सुखा के लिए विरोष बल तैयार करने के निर्देश दिये थे न्यायालय के फैसले के बाद केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पहली से पन्द्रह जुलाई तक होने वाली दसवीं और बारहवीं की शेष परीक्षाएं रद्द कर दी हैं सीबीएसई ने कहा है कि रद्द परीक्षाओं में छात्रों का मूल्यांकन सक्षम समिति के सुझावों के अनुसार किया जाएगा बोर्ड ने बताया है कि जिन छात्रों ने तीन से अधिक विषयों में परीक्षाएं दी हैं उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले तीन विषयों में प्राप्त अंकों के औसत अंक उन विषयों के लिए दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं जिन छात्रों ने केवल तीन विषयों में परीक्षाएं दी हैं उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले दो विषयों के औसत अंक बाकी की परीक्षाओं के लिए दिए जाएंगे जिन छात्रों ने केवल एक या दो विषयों में परीक्षा दी है उनका परिणाम परीक्षा वाले विषय तथा आतंरिक प्रायोगिक और परियोजना परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा इस आंकलन योजना के आधार पर दसवीं और बारहवीं कक्षा के परिणाम पन्द्रह जुलाई को घोषित किए जाएंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीबीएसई बारहवीं कक्षा के लिए उन विषयों में बाद में ऐच्छिक परीक्षा आयोजित करेगा जिनका संचालन इस साल एक जुलाई से तय किया गया था जो विद्यार्थी आंकलन योजना के आधार पर घोषित अपने परिणाम में सुधार करना चाहते हैं वे इन ऐच्छिक परीक्षाओं में भाग ले सकते हैं उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को कोविड नाइन्टीन महामारी के कारण बाकी परीक्षाएं रद्द करने की अनुमति दे दी न्यायालय ने जुलाई में होने वाली रद्द परीक्षाओं के लिए छात्रों को अंक प्रदान करने की योजना भी मंजूर कर लिया है न्यायमूर्ति एएम खानविलकर दिनेश महेश्वरी और संजीव खन्ना की पीठ ने सीबीएसई को परीक्षाए रद्द करने की अधिसूचना जारी करने की अनुमति दी देश में कोविड नाइन्टीन से स्वस्थ होने की दर अट्ठावन दशमलव दो चार प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तेरह हजार नौ सौ चालीस रोगी स्वस्थ हुए इसके साथ ही देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख अट्ठावन हजार छह सौ सैंतीस हो चुकी है एक लाख नवासी हजार चार सौ तिरसठ मरीजों का इलाज चल रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि कुल सत्रह हजार दो सौ छियान्नबे लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद मरीजों की कुल संख्या चार लाख नब्बे हजार चार सौ एक हो गई है